कल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के ग्रैंडफिनाले को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही

शिक्षा मंत्रालय के हैकाथॉन का यह चौथा संस्करण है गौरतलब है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली बडी समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की हैं कल जैसलमेर में पत्रकारो से बातचीत करते हये श्री गहलोत ने कहा कि उन्हें प्रदेश की जनता का साथ मिला है और वे सिद्धांतों की लड़ाई जारी रखेंगे

मीडिया से बातचीत में कल श्री प्रनिया ने कहा कि कांग्रेस की आपसी कलह के कारण प्रदेश में ऐसे हालात बने हैं

कल श्री गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग करेगे कि कोरोना की समीक्षा के लिए देश के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार वीडियो कॉन्फ्रेसिंग करें उन्होंने कहा कि मरीजों की बढती संख्या से चिंता करने की जरूरत नहीं है राज्य में कोरोना को लेकर बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं श्री गहलोत ने कहा कि टेस्टिंग की क्षमता बढाई गई है

राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं वहीं राज्य सरकार ने दस स्नातंक महाविद्यालय स्नातकोत्तर में कमोन्नत करने पांच स्व वित्त पोषित महाविद्यालयों और चार निजी महाविद्यालयों को राज्य सरकार के अधीन करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन भी किया है

निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने का अधिकार सौंपा गया है पंचायतों की क्षमता बढाने के लिए उन्हें केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रशिक्षित किया गया है जन शिकायतों के निराकरण के लिए प्रत्येक पंचायत में शिकायत पेटिका रखी गई है जिसमें लिखित शिकायत डालकर लोग सरकार को अपनी परेशानियों और सुझावों से अवगत करा सकते हैं

मौसम विभाग के निदेशक आर एस शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि प्रदेश में आने वाले चार पांच दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और सात अगस्त से कई स्थानों पर तेज बारिश के आसार हैं